सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि विध्वंस की घटना अचानक हुई और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए पुख्ता प्रमाण नहीं मिले अपना फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि विध्वंस का काम कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया था और आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं था आरोपी खूद भीड को शांत करने का प्रयास कर रहे थे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया

आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही जिले की आगर विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लागू हो गई है कलेक्टर अवधेश शर्मा और पुलिस अधीक्षक राकेश सगर ने कल राजनीतिक दलों और अधिकारियों की बैठक ली इसके बाद पत्रकार वार्ता में चुनाव संबंधी विभिन्न जानकारियां दी ग्वालियर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड दिशानिर्देशों के बारे में बताया

यहां भी सभी सीटों की तरह अभ्यर्थीयों को ई नामिनेशन की सुविधा दी गई है

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और लोगों के व्यवहार में बदलाव से संक्रमण को रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है

इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई

इस अवसर पर कटनी जिले में आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्नेह सरोकार कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं